उन्होंने कहा कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने के साथ साथ बंद पड़ी अधिकतर सेवाएं खुल रही हैं प्रधानमंत्री ने कोरोना संकमण से बचने के लिए सभी दिशा निर्देशों का ईमानदारी से पालन करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि हमारे देश की जनसंख्या काफी अधिक है और ऐसे में हमारे सामने चुनौतियां भी कई प्रकार की हैं कोरोना से हुए नुकसान पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना से हर देशवासी ने लड़ाई लड़ने की ठानी है और ये मुहिम देश के लोगों द्वारा चलाई गई है उन्होंने देश की जनता से कोरोना संकमण से बचाव के लिए योग को अपनाने का आहवान किया वहीं उन्होंने समर्थ लोगों से गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने की भी अपील की उन्होंने पर्यावरण व जल संरक्षण के लिए भी आम जनता से अपना सहयोग देने की अपील की मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में दिए संदेश को पूरे देश सहित प्रदेश के लोगों ने भी सुना शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के गंज बाज़ार में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के संदेश को सुना बाद में उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश को आत्मसात कर सामुदायिक भाव बनाए रखने रोग प्रतिरोधन क्षमता को बढ़ाने और एकता की भावना को बनाए रखने के लिए योग व आयुर्वेद से आवश्यक तौर पर जुड़ना होगा उन्होंने प्रदेशवासियों से आहवान किया कि जिस प्रकार लॉकडाउन के दौरान सभी ने सम्मिलित भाव से काम कर गरीबों वांछितों जरूरतमंदों और प्रवासी मजदूरों के लिए काम किया है उसी भाव को आने वाले दिनों में भी व्यक्त करें

उधर चंबा में भी लोगों ने मन की बात कार्यक्रम से कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कीं स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में दी गई जानकारी से उन्हें काफी लाभ मिलेगा उन्होंने प्रधानमंत्री की ओर से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल किए जाने पर भी अमल करने की बात कही प्रतिक्रिया वहीं जिला सोलन के लोगों ने भी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बाद आकाशवाणी के साथ अपने विचार सांझा किए लोगों ने कहा कि वे इस कार्यक्रम को सुनकर प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बातों का अनुसरण करते हैं उन्होंने कहा कि आज कोरोना महामारी के चलते बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक अपने घरों के भीतर प्रधानमंत्री के आहवान पर ही हैं लोगों का कहना है कि इस कार्यक्रम से मिलने वाली अमूल्य जानकारी से वह अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं

प्रदेश सरकार ने बीते कल इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि बसों का संचालन पूरी तरह से सुरक्षित उपायों को अपनाकर किया जाएगा उन्होंने कहा कि सभी बसों को चलने से पहले सैनिटाइज किया जा रहा है वहीं चालकों व परिचालकों को सैनिटाइजर और दस्ताने का उपयोग करना अनिवार्य है इसके अलावा ये कर्मी बसों में सामाजिक दूरी बनाने की भी ज़िम्मेवारी निभाएंगे

गोविंद ठाकुर ने बताया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें प्रदेश में सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक सशर्त प्रतिबंधों के साथ चल सकेंगी

इस संबंध में भी कल राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है

इनमें अधिकांश संकमित व्यक्ति दूसरे राज्यों से हिमाचल वापिस आए हैं

भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा ने आज विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री एक बीघा योजना पर भावी रणनीति तैयार की राज्य कार्यकारिणी के गठन के बाद मोर्चा के अध्यक्ष राकेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य और जिला अध्यक्षों ने हिस्सा लिया राकेश शर्मा ने केन्द्र की मोदी सरकार के एक साल के कार्यकाल को उपलब्धियों भरा करार दिया उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए प्रधानमंत्री के कदमों को पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय बताया मोर्चा के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मुख्यमंत्री एक बीघा योजना की जानकारी हर पंचायत और गांव में किसान मोर्चा के कार्यकर्ता तक पहुंचाएं

उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कल ये आदेश पारित करते हुए कहा कि इसमें नादौन उपमंडल की तीन पंचायतों के चार वार्ड और हमीरपुर उपमंडल की दो पंचायतों के आठ वार्ड शामिल हैं उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में अब जिला के सामान्य भागों की तरह कफ्यू में ढील के दौरान विभिन्न गतिविधियों में छूट रहेगी